लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहजन समाज पार्टी ने आज छत्तीसगढ़ के लिए अपने छह प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान राजनांदगांव जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक वर्दीधारी महिला माओवादी मारी गई बीजापुर जिले में पांच स्थायी वारंटी माओवादी गिरफ्तार जीएसटी परिषद ने आवासीय संपत्ति से संबंधित वस्तु और सेवा कर दर में नई परिवर्तन योजना को दी मंजूरी निर्वाचन आयोग अधिसूचना छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत होने वाले मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी की गई इस चरण में अट्ठारह अप्रैल को तीन लोकसभा क्षेत्रों कांकेर राजनांदगांव महासमुद जिले में वोट डाले जाएंगे इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है दूसरे चरण के लिए प्रत्याशी नामांकन पत्र शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में सुबह ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक दाखिल कर सकते हैं दूसरे चरण के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि छब्बीस मार्च है और सत्ताईस मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी वहीं उनतीस मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे इन क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक निर्धारित किया गया है इसके अलावा तेईस अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव में सात लोकसभा क्षेत्र रायपुर बिलासपुर रायगढ़ कोरबा जांजगीर चांपा दुर्ग और सरगुजा में मतदान होगा इन सभी सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया अट्ठाईस मार्च से शुरू होगी जो चार अप्रैल तक चलेगी इस चरण के लिए पांच अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी वहीं नामांकन पत्रों की वापसी आठ अप्रैल तक हो सकेगी इन सभी ग्यारह निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना तेईस मई को होगी प्रदेश में इस बार एक करोड़ नवासी लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे बसपा सूची लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहजन समाज पार्टी ने आज छत्तीसगढ़ के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है इस सूची में छह लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है इनमें बस्तर लोकसभा क्षेत्र से आयत्राम मंडावी जांजगीर चांपा सीट से दाऊराम रत्नाकर और कांकेर से सूबे सिंह ध्रवे को उम्मीदवार बनाया गया है वहीं दुर्ग से गीताजलि सिंह सरगुजा से माया भगत और रायगढ़ से इनोसेंट कुजूर को चुनाव मैदान में उतारा गया है इससे पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पांच लोकसभा सीटों सरगुजा रायगढ़ जांजगीर चांपा बस्तर और कांकेर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिक से अधिक लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश में इन दिनों मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप चलाया जा रहा है इसी कड़ी में आज धमतरी में जिला निर्वाचन अधिकारी रजत बंसल और स्वीप के नोडल अधिकारी विजय दयाराम ने जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की साथ ही अधिकारियों ने मतदाताओं से चुनाव में किसी भी तरह के प्रलोभन से प्रभावित नहीं होने की भी बात कही इधर बिलासपुर जिले के निपनिया में युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए लाइवलीहुड कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहां कॉलेज के छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर शत प्रतिशत मतदान का आव्हान किया इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंग ने छात्र छात्राओं से कहा कि युवाओं की पहली जिम्मेदारी यह है कि वे मतदान के लिए योग्य होते ही मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाए निर्वाचन आयोग राजनीतिक विज्ञापन भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि किसी भी सोशल मीडिया में बिना पूर्व प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापनों को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा आयोग ने यह निर्देश किसी मामले में मुम्बई उच्च न्यायालय को दी है आयोग ने बताया कि इस विषय पर आज सोशल मीडिया के वार्ताकारों के साथ बैठक होगी जिसमें इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा आयोग ने कहा कि देश के इंटरनेट और मोबाइल संगठनों तथा सोशल मीडिया से जुड़े माध्यमों के साथ सलाह मशविरे से आचार संहिता तैयार की जा रही है एसीबी ईओडब्ल्यू छापा निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता की स्टेनो रही रेखा नायर के ठिकानों पर आज एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा पुलिस ने रायपुर के नरदहा स्थित एक फॉर्म हाउस में छापेमारी की पुलिंस के मुताबिंक यह फॉर्म हाउस रेखा नॉयर के नाम है हालांकि इस जांच में अभी तक कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हई है इससे पहले भी दूर्ग और भिलाई में पुलिस ने रेखा नायर की बहन के अलग अलग घरों में तलाशी ली थी जिसमें पुलिस ने रेखा नायर द्वारा किए गए लेनदेन और प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए थे गौरतलब है कि रेखा नायर पर आरोप है कि वह डीजी मुकेश गुप्ता के लिए फोन टेपिंग मशीन ऑपरेट करती थी माओवादी मुठभेड़ राजनादगांव जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हई मुठभेड़ में एक वर्दीधारी महिला माओवादी मारी गई है मिली जानकारी के मुताबिक भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी इसी दौरान जिले के भावे जंगल में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी इसके बाद जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक वर्दीधारी महिला माओवादी मारी गई मुठभेड़ में मारी गई महिला माओवादी के शव के साथ ही एक रायफल बरामद किया गया है उधर बीजापुर जिले में पुलिस ने पांच स्थायी वारंटी माओवादियों को गिरफ्तार किया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की एक सौ अड़सठवीं बटालियन और पुलिस का संयुक्त दल बासागुड़ा थाना क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन के लिए निकला हुआ था इसी दौरान डल्ला और मल्लेपल्ली के जंगलों से इन माओवादियों को गिरफ्तार किया ये सभी विभिन्न माओवादी संगठनों में लंबे समय से सक्रिय थे इन पर कई माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है होली तैयारी रंगों का त्यौहार होली देशभर में इक्कीस मार्च को मनाया जाएगा होली के करीब आते ही प्रदेश के सभी बाजारों चौक चौराहों और सड़कों पर रंग गुलाल पिचकारी और मिठाई की दुकानें सज गई हैं दुकानों में अनेक तरह की पिचकारियां बच्चों को लुभा रही हैं इनमें कार्ट्न कैरेक्टर से लेकर विभिन्न प्रकार की आकृतियों में बनी पिचकारियों की ज्यादा मांग है कल बीस मार्च की रात होलिका दहन किया जाएगा इसके लिए सभी चौक चौराहों और कॉलोनियों में लकड़ियां इकट्ठा कर होलिका दहन की तैयारियां की जा रही हैं वहीं प्रशासन द्वारा होली पर्व को देखते हए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लोगों से हरे भरे वृक्ष नहीं काटने की अपील की गई है इसके अलावा होली में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल युक्त रंगों और अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है इनमें मुखौदा और वार्निश वाले रंगों पर मुख्य रूप से प्रतिबंधि रहेगा पुलिस ने आज से सभी दुकानों की जांच भी शुरू कर दी है होली पर्व को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने शराब दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने बताया कि दूरदर्शन के दर्शको की संख्या तेरह दशमलव चार प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है कल हैदराबाद में हुए पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सम्मेलन में श्री सूर्यप्रकाश ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर से प्रसारण क्षेत्र में भारी बदलाव हुआ है सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने इस अवसर पर कहा कि प्रौद्योगिकी चुनौतियों के अतिरिक्त द्रदर्शन को निजी चैनलों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है देश में निजी चैनलों की संख्या आठ सौ पचहत्तर है जीएसटी आवास संपत्ति जीएसटी परिषद ने आवासीय संपत्ति से संबंधित वस्तु और सेवा कर दर में एक नई परिवर्तन योजना को आज मंजूरी दे दी है इसके तहत आवासीय परियोजना डेवलपर्स अपने निर्माणाधीन मकानों के लिए इच्छानुसार बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के नई संशोधित हुई कम दर का चुनाव कर सकते हैं या इस पर लागू पुरानी दर पर बने रह सकते हैं आज नई दिल्ली में हुई वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की चौंतीसवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक के बाद राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष एक अप्रैल या इसके बाद शुरु की जाने वाली आवासीय परियोजनाओं के डेवलपर्स को पिछले महीने जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित वस्तु और सेवा कर की नई दर को स्वीकार करना होगा उन्होंने कहा कि डेवलपर्स इस वर्ष इकतीस मार्च के बाद या इससे पहले शुरु हुई अन्य मकान परियोजना के लिए जीएसटी विकल्पों की अन्य योजनाओं का भी चुनाव कर सकते हैं श्री पांडे ने कहा कि निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं के लिए जीएसटी की नई दर से राजस्व संग्रह में सरकार को घाटा नहीं होगा परिवहन संघ चुनाव नतीजे बस्तर परिवहन संघ के चुनाव में मलकीत सिंह गैदू के एकता पैनल ने जीत हासिल की है इस पैनल में मलकीत सिंह गैदू अध्यक्ष चुने गए हैं वहीं शक्ति सिंह चौहान सचिव बनाए गए हैं गौरतलब है कि कल हुए परिवहन संघ के चुनाव में कुल इक्कीस सौ छह मतदाताओं में से चौदह सौ ग्यारह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था

वहीं दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं यह घटना जिले के अर्जुनी गांव की है

कबीरधाम जिले में पुलिस ने एक वाहन से छब्बीस पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है